डाक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली मह में राज्य का प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया यहां मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहुंचकर डाक्टर अंबेडकर को याद किया और प्रदेशवासियों को बधाई दी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब की गिनती केवल अपने देश के ही महापुरूषों में ही नही होती है बल्कि उनकी गिनती विश्व के महापुरूषों में होती है उन्होंने कई देशों को उनके संविधान बनाने में दीशा प्रदान की डाक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे कमजोर वर्ग को सम्मान दिलाने का काम किया मुख्यमंत्री ने भोजशाला में पहुंचकर समरसता भोज भी किया इधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में डाक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई जबलप्र में डाक्टर अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों राजनैतिक दलों और नागरिकों ने माल्यार्पण कर नमन किया यहां एक संयुक्त रैली निकाली गई और समागम सामयिक उदबोधन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं होशंगाबद खंडवा और उमरिया में भी डाक्टर अंबेडकर जयंती मनाई गई भाजपा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बीडी शर्मा खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी बनाये गये हैं उनके नाम का फैसला आज केन्द्रीय भाजपा चुनाव समिति ने लिया पार्टी ने धार से छतर सिंह दरबार और रतलाम से जी एस डामोर को उम्मीद्वार बनाया है

अभी भोपाल इंदौर विदिशा सागर और गुना के उम्मीद्वार शेष हैं

कांग्रेस को एक मात्र इंदौर से प्रत्याशी घोषित करना है मोदी सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज डोडा उधमप्र में एक च्नावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कांफ्रेस पीपुल्स डेमोकेटिक गठबंधन और कांग्रेस का गठजोड़ महामिलावट है उन्होंने कहा कि इन पार्टियों का पर्दाफाश हो चुका है और जिस एजेंडे पर वो लोग काम कर रहे थे वो भी सामने आ गया है श्री मोदी भाजपा उम्मीदवार डाक्टर जितेन्द्र सिंह के पक्ष में चुनाव रैली को संबोधित करने डोडा उधमपुर पहुंचे थे आनंद आरोप कांग्रेस ने चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं पर आयकर छापों के औचित्य पर सवाल उठाया है पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा अपने दल और उम्मीद्वारों के प्रचार में भारी राशि खर्च कर रही है उसे इस खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिये श्री शर्मा ने राफेल विमान सौदे पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ विमान सौदे पर उनकी बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिये राजनीति संन्यास केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने आज सकिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए कोन्द्रीय मंत्री परिषद और राज्य सभा की सदस्यता से इस्तिफा देने की पेशकश की है बीरेन्द्र सिंह का यह बयान उनके बेटे बू जेन्द्र सिंह को हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीद्वार बनाये जाने के बाद आया है मताधिकार लोकसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए प्रदेश में लगातार जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में आज खंडवा में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ग़रू गोविंद सिंह स्टेडियम से शुरू हई इस दौड़ में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हए उधर अनूपपुर में कल लोगों ने दीपों के जरिये भारत का नक्शा बनाया इसका मकसद मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश देना था झाबुआ जिले में भी हाट बाजारों में लोगों को मतदान के लिये जागरूक किया गया भिंड जिले में गांव गांव जाकर ईवीएम और वीवीपेट मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है विदिशा सीधी सिंगरौली छिदवाड़ा मुरैना कटनी शिवपुरी सहित विभिन्न जिलों से मतदाता जागरूकता आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं

अनूपप्र जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये नगरवासियों से दीप जलाकर अनिवार्य रूप से मतदान करने का प्रण लेने की अपील की गई है श्योपुर में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत कलश यात्रा निकाली गई जिसमें लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिये प्रेरित किया गया

बड़वानी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदीयां गांवों में जाकर महिलाओं को अपने वोट का महत्व बता रही हैं

श्री जोशी अस्वस्थता के चलते पिछले कुछ दिनों से भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें फिलहाल गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है भोपाल के सांसद आलोक संजर ने बताया कि श्री जोशी की हालत स्थिर बनी हुई है रामनवमीं रामनवमी का पर्व आज देशभर में मनाया जा रहा है इस दौरान कई स्थानों पर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा कन्या भोजन भंडारा और धार्मिक आयोजन किये जा रहे हैं टीकमगढ़ जिले के ओरछा स्थित रामराजा सरकार मंदिर में कल श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया गया ओरछा के इस मंदिर में साल में एक बार भगवान श्री राम के गर्भगृह के बाहर दर्शन होते हैं इस दौरान लाखों लोग इस विश्वविख्यात मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं जबलपुर में बैंड बाजों के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गयी वहीं उमरिया में मां ज्वालामुखी और विरसिंहपुर पाली स्थित मां विरासिनी देवी मंदिर में विशेष प्रजा अर्चना की गई दतिया की पीतांबरा शक्तिपीठ सतना के मैहर की शारदा देवी मंदिर रायसेन जिले की सलकनपुर देवी मंदिर इंदौर की विजयासन माता देवास के मां चामुंडा मंदिर और आगर मालवा की बगुलामुखी देवी मंदिर में कल दूर दूर से लोग देवी दर्शन को पहुंचे वैसाखी देशभर में आज वैसाखी के साथ विशु रोंगाली बिहु और नववर्ष पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होशंगाबाद में सिक्ख समाज द्वारा मंगलवारा घांट के गुरूद्वारे पर मुख्य कार्यक्रम किया गया यहां पिछले चार दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं आज सुबह से अरदास रागी जत्था और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं देश की खुशहाली के लिये लंगर देर शाम तक चलते रहे मौसम प्रदेश में गरमी के तेवर और तीखे होने लगे हैं राजधानी भोपाल में लू चलने के हालत बन गये हैं

जबलपुर में ध्रप तेज होने लगी है इसके चलते लोगों का दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है

मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर संभाग में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है ऊधर नर्मदांचल क्षेत्र में लगातार तेज गरमी के साथ लू का असर बना हुआ है

मौसम विभाग के सहायक अधिकारी बीएस गौर ने बताया कि हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी पारा बढ़ रहा है

चल समारोह में भगवान विराजित बेदिया और पालकी साथ साथ चलेंगे